अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने जारी किया हेल्पलाईन नम्बर

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सार्क देशों के प्रमुखों के साथ कोरोना वायरस से मुकाबला के लिए मिलकर काम करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस कोष के लिए दस मिलियन डॉलर के शुरुआती प्रस्ताव के साथ शुरुआत कर सकता है श्री मोदी ने कहा कि भारत परीक्षण किट और अन्य उपकरणों के साथ डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक रैपिड रिस्पांस टीम को इकट्ठा कर रहा है यदि आवश्यक हुआ तो वे सार्क राष्ट्र के निपटान में रखे जाएंगे श्री मोदी ने कहा कि दक्षेस राष्ट्र दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महामारी की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए अनुसंधान को समन्वित करने के लिए एक साझा अनुसंधान मंच बना सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस तरह के अभ्यास के समन्वय में मदद कर सकता है श्री मोदी ने कहा कि सार्क देशों को एक साथ तैयार रहना चाहिए एक साथ काम करना चाहिए और कोविड उन्नीस की स्थिति से निपटने में एक साथ सफल होना चाहिए इससे पहले श्री मोदी ने इच्छा व्यक्त की थी कि सार्क देशों के नेतृत्व को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद में प्रधानमंत्री के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य ममलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा शामिल हुए केन्द्र सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित लोगों की निःशुल्क जांच करा रही है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुये बताया कि भारतीय नागरिकों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के पहले और दूसरे चरण की जांच बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है श्री कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित किसी भी तरह की मदद के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चौबीसों घंटे काम करने वाला हेल्पलाईन नम्बर नौ नौ सात एक आठ सात छह पांच नौ एक शुरू किया गया है इन नम्बरों पर डॉक्टरों से सीधा सम्पर्क किया जा सकता है उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक एक सौ सात मामलों की प्रष्टि हो चुकी है इनमें सत्रह विदेशी नागरिक शामिल हैं विशेष सचिव ने कहा कि अब तक देश में कोविड उन्नीस के संक्रमण वाले नौ मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी ब्रनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें एक रिपोर्ट बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मृंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खासते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए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 बुखार आने सांस लोने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थान पूर्णे के वैज्ञानिकों ने कोविड उन्नीस के ग्यारह प्रकार के संक्रमणों की पहचान की है जापान थाईलैंड अमरीका और चीन के बाद विभिन्न प्रकार के संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया है कि परिषद कोविड उन्नीस से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है बाईट ट्रिप्पल पिलाई मास्क जो है केवल जिसको बीमारी है वो पहनेगा या हेत्थकेयर वर्कर जो उस बीमार मरीज को देख रहा है वो पहनेगा उसी से फायदा है बाकी कोई जरूरत नहीं है लोगों को मास्क पहनने के लिए सेनिटाइजर वहां यूज करें जहां पानी नहीं मिल पा रहा है बहुत पब्लिक स्पेस में हैं घर से हाथ धोकर चलें आप मेट्रो में गये बिना मास्क लगाये वहां पर आपने कई चीजें छुईं तो लगा तो वहां पर उतरने से पहले आप अपना सेनिटाइजर यूज कर लीजिए राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रत्येक दिन के बदले एक दिन बीच कर ड्यूटी करने संबंधी आदेश जारी किए हैं इसका उद्देश्य अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय करना है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों से त्रंत रोस्टर तैयार कर आदेश पर अमल करने को कहा गया है राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण में रक्सौल से लगी भारत नेपाल सीमा से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले नागरिकों को छोड़कर बाकी सभी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है पटना से काठमांडू और जनकपुर के बीच चलने वाली बस सेवा भी इकतीस मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है राज्य के सात जिलों मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीतामढी बांका गोपालगंज कटिहार और शिवहर में ेधारा एक सौ चौवालीस लगा दी गयी है इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय मे इक्कतीस मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान पटना में प्रदेश के पहले नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर का श्रभारंभ किया इस केन्द्र से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टरों नर्सों और पारा मेडिकल कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी इस अवसर पर श्री चौबे ने कहा कि इससे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को प्राथमिक स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को हर सम्भव मदद दी जा रही है श्री चौबे ने कहा कि केन्द्र इस बीमारी की रोकथाम पर लगातार नजर बनाये हुये हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपीनड्डा ने कोरोना वायरस के कारण सभी राज्यों में पार्टी के प्रमुख कार्यक्रमों को स्थगित करने का आदेश जारी किया है श्री नड्डा ने पार्टी के सदस्यों को लोगों के बीच कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने को भी कहा है पूर्व मध्य रेलवे ने कोविड उन्नीस के खतरे को देखते हुए वातानुकुलित डिब्बों में कम्बल उपलब्ध नहीं कराने का फैसला किया है दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अब आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रियों को कम्बल उपलब्ध कराए जाएंगे श्री कुमार ने हालांकि यह स्पष्ट किया है कि यात्रियों को तकिये और बेड शीट पूर्व की तरह उपलब्ध होंगे कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी गणेश कुमार ने तिरहुत प्रक्षेत्र के सभी पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहर से आने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं पश्चिम चम्पारण के लौरिया नंदनगढ़ पहुंचे थाईलैंड के सौ से ज्यादा विदेशी पर्यटकों पर प्रशासन नजर बनाए हुये है ये पर्यटक बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थानों को भ्रमण पर बिहार आए हैं सीतामढ़ी की जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने लोगों से सजग रहने और सफाई पर विदेश ध्यान देने को कहा है उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले या भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर सख्त करवाई की जाएगी बिहार पब्लिक स्कूल और चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रदेश के निजी विद्यालयों में चल रही परीक्षा के शेष चरणों को बिना विलंब के संचालित कराने की मांग की है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रदेश के सभी किसानों को ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है गया में आज समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा है हज कमिटी ऑफ इंडिया ने हज पर जाने वाले लोगों के लिए दूसरी किस्त की रकम जमा करने की अंतिम तिथि इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने जारी किया हेल्पलाईन नम्बर